हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रवण दिव्यांगों के लिए जे जे और पोस्को एक्ट के वीडियो मॉड्यूल का आगाज़ किया उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि विधेयकों पर विपक्षी दलों के नेता किसानों को बहका रहे है विधेयकों का मंडी व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तंदरूस्ती का मंत्र फिटनेस की डोज़ आधा घंटा रोज दिया और कहा कि सबका स्वास्थ्य और ख्शियां इसी मंत्र में छ्पी है प्रधानमंत्री आज राष्ट्रव्यापी ऑन लाइन फिट इंडिया संवाद क दौरान फिटनेस माहिरों और खिलाड्डियों के साथ बातचीत कर रहे थे फिट इंडिया आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस ऑनलाइन वार्तालाप में प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें हिस्सा लेने वाले हस्तियों ने भी अपनी फिटनेस यात्रा क अन्भव और अच्छे स्वास्थ्य के नुकते सांझा किये इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुभारंभ किया श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोनम फ्टबाल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि एक वर्ष में फिट इंडिया आंदोलन जन आंदोलन बन गया है उन्होंने कहा कि देश मे फिटनेस और इससे सम्बधित गतिविधियों बारे जागरूकता बढ़ रही है श्री मोदी ने कहा कि आम तौर पर अभिभावक हमें अच्छी आदतें सिखाते है लेकिन फिटनेस के लिये रील थोड़ी बदल गई है और अब यूवा अपने अभिभावकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उनकी मदद कर रहे है

य्वा कार्यक्रम और खेल मत्री किरेन रिजिज् नई दिल्ली में किसान भवन से इस समारोह में शामिल हये इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राष्टप्रति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सेवा दवारा शिक्षित करना है उन्होंने कहा कि सेवा के माध्यम से य्वा स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व का विकास और चारित्र निर्माण किया जाता है

इस मौके पर उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया है

आज पंचकूला जिले मे चार फरीदाबाद यम्नानगर और सिरसा जिले में दो दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी ह्ई है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आज श्रवण दिव्यागों के लिए जेजे व पोक्सो एक्ट के विडियो मॉड्यूल का आगाज़ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बाल संरक्षण आयोग का सांकेतिक भाषा को बढ़ाने के साथ् साथ श्रवण दिव्यागों को बाल संरक्षण कानून जेजे एक्ट व पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक् करने के लिए एक सराहनीय कदम है इन मॉड्यूल के माध्यम सभी श्रवण दिव्यांगों को कानून और अपने अधिकारों को समझने में असानी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देखभाल व संरक्ष्ण की आवश्क्ता वाले और किसी भी प्राकर से योग्य दिव्यांग बच्चे जो बाल आश्रम में रह रहे है उनके लिए भी सरकार विशेष नीति बनायेगी ताकि उन्हें पढ़ने लिखने सहित विभिन्न कायोर्ग में किसी प्रकार की परेशानी न हो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से योग्य दिव्यांग बच्चे जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते है सरकार उनके दाखिले की व्यवस्था करवाने की दिशा मे काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा नई शिक्षा नीति में पूरे भारत में एक सांकेतिक भाषा लागू करना ऐतिहासिक निर्णय है एक सांकेतिक भाषा होने से श्रवण दिव्यांगों को संचार में आसानी होगी वहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनक कामयाबी का रास्ता भी ख्लेगा उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में श्रवण दिव्यांगों का मिले अधिकार आने वाले समय मे उनकी कामयाबी का रास्ता खोलेंगे आयोग की अध्यक्षा ज्योति बैंदा ने बताया कि प्राथमिक चरण मे आयोग ने दोनों अधिनियमों के कानूनी पहलूओं को लेकर वीडियो मॉड्यूल बनाये है ये मॉड्यूल भारतीय भाषा मे होने से कोई भी श्रवण दिव्यांग इन्हें आसानी से समझ सकेगा और बाल संरक्षण कानूनों के बारे मे जा सकेंगा हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री श्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा है कि जींद जिला में हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का म्ख्यालय स्थापित करवाया जाएगा इसके लिए अधिकारियों को जींद शहर के आस पास जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए गए हैं उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थापित होने से इस क्षेत्र का काफी विकास होगा उपम्ख्यमंत्री आज जींद में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता तीन नए कृषि विधेयकों पर किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं जबकि सच्चाई यह है किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदी जाएंगी और मंडी व्यवस्था पर भी इन विधेयकों का कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों की फसलों को व्यवस्थित तरीके से खरीदकर किसानों के खातों में सीधा पैसा डालने का काम किया उन्होंने कहा कि सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर जता दिया है कि विधेयकों से एमएसपी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पड़ेगा

इस अवसर पर प्रातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्यमंत्री श्री अन्प धानक भी मौजूद रहे

उन्हें अपने तहसील संबंधी कार्यो के लिए नारनौंद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री श्री स्रेश अंगड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

आज चंडीगढ़ से जाररी एक शोक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए एक अप्रणीय क्षति है

फतेहाबाद जिले के उपाय्क्त डा नरहरि सिंह बांगड़ ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे पोषण अभियान के अंतर्गत मोबाइल जागरूकता वैन की झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उपाय्क्त ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे पोषण अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में ले ताकि जन मानस तक पोषण माह का संदेश पहंचाया जा सकें

उधर सिरसा के उपाय्क्त रमेश चन्द्र बिढ़ान ने भी आज सिरसा कैंप कार्यालय से पोषण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया